इक्यासी वर्षीय कांग्रेस की इस दिग्गज नेता का कल हृदयाघात के बाद निधन हो गया था उनका निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया कांग्रेस पार्टी के हजारो कार्यकर्ताओ और समर्थको ने श्रीमती दीक्षित को भारी वर्षा के बीच अश्रुपूर्ण विदाई दी अंतिम संस्कार में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा तथा अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा दिल्ली के गृहमंत्री सतेंद्र जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे इससे पहले शीला दीक्षित को श्रंद्वांजलि देते हुए श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रही श्रीमती दीक्षित उनकी मित्र थी और बड़ी बहन की तरह थी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और प्रर्व विदेशमंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीमती दीक्षित को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने कल श्रीमती दीक्षित के आवास पर गए थे श्रीमती दीक्षित की पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया जहाँ पार्टी के शीर्ष नेताओ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी इनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल थे

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल हैदराबाद में कहा कि इस कार्यक्रम के तहत देशभर में डेढ़ लाख स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किये जाने है

उन्होंने परिषद के वैज्ञानिको और अधिकारियों से खासकर असाधारण जीन से पैदा हुए रोगों के निदान के लिये मौलिक पहल करने और सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की उन्होंने वैज्ञानिको से कहा कि वे इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कार्य करें ताकि अनुसंधान के परिणाम लोगों तक पहुंच सकें डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल अहमदाबाद में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक दो हजार उन्नीस बीस का शुभारंभ किया यह हैंडबुक गोल्डन बेबी लीग की आयोजित करने के लिए हितधारको की मदद के लिए एक गाइड है इस लीग का उद्देश्य लिंग धर्म आर्थिक पृष्ठभूमि या जातीय मूल के बावजूद स्थानीय क्षेत्रों में फुटबॉल तक पहुँच प्रदान करना है

सफाई अभियान में सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियो वांचो परिषद ऑल वांचो महिला कल्याण सोसायटी एल डी एस यू डब्लू एस यू और बाजार समिति के सदस्यों सहित कई लोगो ने हिस्सा लिया लोगो को संबोधित करती हुई जिला उपायुक्त चेष्टा यादव ने जपानीस इंसेफेलाटिस के बारे में जानकारी रखने की सलाह दी उन्होंने व्यवासायिक समुदायों से आदेश मिलने तक असम से सुअर या पॉल्ट्री की आयात न करने का आग्रह किया

आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव पाच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पाच मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई